हड़ताल अवधि का स्टाईपेंड भी कटेगा और धूप खिली रहने के कारण प्रदेश के अधिकतर भागों में ठंड से राहत

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 साउंड बाईट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिये कृषि सुधार कानूनों के बारे में किसानों को गुमराह कर रहे हैं श्री मोदी ने नौ करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त अंतरित करने के अवसर पर किसानों से संवाद करते हुये यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को जनता ने चुनावों में नकार दिया है वे अपने स्वार्थ के लिये किसानों को भ्रमित कर रहे हैं

क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती हैं क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है जो आज विपक्ष में हैं उनकी इस पर जुबान क्यों बंद हो गई है क्यों चुप है प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त नहीं किया जायेगा उन्होंने किसानों से विपक्ष के बहकावे में नहीं आने की अपील की साउंड बाईट किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जायेगा इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गये हैं क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है जहां तक एमएसपी का सवाल है हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है नहीं नहीं अगर किसी स्थिति में उपज अच्छी हुई मार्केट बहुत शानदार हो गया जो एप्रिमेंट में था उससे भी ज्यादा मुनाफा एप्रिमेंट वालों को मिल रहा है अगर ऐसा होता है तो उसमें से कुछ बोनस भी किसान को देना पड़ेगा केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी खुशहाली तथा समृद्धि के लिये केन्द्र सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत की है इस मौके पर कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार धान की खरीद कर रही है और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि धान नहीं खरीदने वाले पैक्स और व्यापार मंडल पर कार्रवाई की जायेगी और उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जायेगा उन्होंने खाद्य और उपभोक्ता विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है इस बीच खाद्य और उपभोक्ता सचिव विनय कुमार ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजकर धान खरीद नहीं करने वाले पैक्सों और व्यापार मंडल की पहचान करने तथा उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि आगामी इकतीस दिसंबर तक सभी व्यापार मंडल और पैक्सों के माध्यम से धान खरीद सुनिश्चित की जाये राज्य सरकार ने हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इलाज में बाधा पहुंचाने वाले चिकित्सकों पर कानूनी कार्रवाई होगी वहीं नो वर्क नो पे के तहत जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल की अवधि का स्टाइपेंड भी काटने के आदेश दिये गये हैं गौरतलब है कि तेईस दिसंबर से पीएमसीएच सहित राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं जनता दल युनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक आज पटना में बुलाई गई है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की यह पहली बैठक है बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता मे हो रही बैठक में पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन की समीक्षा करेगी पार्टी के वरिष्ठ नेता अगले वर्ष होने वाले असम और बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे इसके अलावा बैठक में अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के छह विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उत्पन्न स्थिति पर भी विचार विमर्श होगा केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि पटना स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने का हरसंभव प्रयास करेंगे पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार हर चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों का सम्मान करती है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा की छियासठवीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा कल होगी इसके लिये पैंतीस जिलों में आठ सौ अठासी परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं परीक्षा एक ही पाली में दोपहर बारह बजे से होगी परीक्षा में साढ़े चार लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुये रेलवे आज से चार जोड़ी इंटरसिटी और तीन जोड़ी मेम् डेम् विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ट्रेनों में यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना और कोविड उन्नीस से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की बहत्तरवीं कड़ी होगी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 इस प्रसारण को आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूटूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जायेगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से इसके मैथिली अनुवाद का प्रसारण किया जायेगा इसी केन्द्र से रात्रि आठ बजे मैथिली में मन की बात कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा बर्फीली हवाओं के थमने और गुनगुनी धूप के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड में कमी हुई है शीतलहर में कमी और धूप निकलने की वजह से लोग राहत महसूस कर रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार आज और कल मौसम साफ रहेगा और ध्रप खिली रहेगी मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी के कारण अट्ठाईस दिसंबर से ठंड में फिर से बढ़ोतरी होगी रोहतास जिले का डेहरी कल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं पटना का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया गया में न्यूनतम तापमान छह दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होगा जबकि सुबह और शाम में थोड़ी ठिठुरन रहेगी प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव तीन एक प्रतिशत हो गई है यह राष्ट्रीय औसत से एक दशमलव पांच चार प्रतिशत अधिक है प्रदेश में अब तक दो लाख तैंतालीस हजार दो सौ पचपन मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं इस समय पांच हजार तीन सौ सैंतालीस रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है इधर पिछले चौबीस घंटों में एक लाख तेरह हजार से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में छह सौ चालीस नये मरीजों की पुष्टि होने के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख उनचास हजार नौ सौ छिहत्तर हो गई है कल पटना जिले में सबसे अधिक दो सौ तिहत्तर नये मामले सामने आये अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है आयुष मंत्रालय ने कोरोना संक्रमित लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और उनके स्वस्थ होने की दर में सूधार के लिए कई उपाय किए हैं मंत्रालय ने स्व देखभाल दिशानिर्देशों और प्रतिरक्षा के लिए निवारक स्वास्थ्य उपायों के बारे में एक एडवाइजरी जारी की है आयुष मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रालय ने पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों को मिलाकर एक सार्थक क्रॉस लर्निंग और परस्पर सहयोग की सुविधा के लिए विभिन्न पहल की है मंत्रालय ने आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ आयुर्वेद और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की मदद से कोरोना वायरस से निपटने के प्रयास किए हैं मंत्रालय ने आयुष के माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता बढाने के लिए तीन महीने का अभियान शुरू किया है नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर घनश्याम पांगती ने कहा कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले चिकित्साकर्मियों अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी साउंड बाईट लोग हैं जो कि कोरोना वारियर्स हैं डॉक्टर्स हो गए हेल्थ वर्कर्स हो गए या जो समाज सेवा में या जो कि कोरोना कंटेन्मेंट जोन में पुलिस वाले इन सबको वैक्सीन का पहला हक मिलेगा जो सरकार ने कहा है

उनमें ये कोरोना खतरनाक ज्यादा हो सकता है उन लोगों को ज्यादा क्रिटिकल कर सकता है उनकी जान को भी खतरा रह सकता है या उन लोगों के साथ जिनको को मोबिलिटी है जिनको हार्ट की बीमारी है जिनको फेंफड़े की बीमारी है उन लोगों को पहले मिलेगा मैं फिर भी यह कहना चाहूंगा कि उन लोगों को मिलने के बाद वो फ्री नहीं होंगे उनको मास्क और सब चीज पहनना पड़ेगा कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा है कि सरकार प्रदेश में खेल कूद की आधारभूत संरचनाओं का विकास करेगी उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने खेलों इंडिया योजना के तहत राज्य की दस योजनाओं के लिये पचास करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की है इन योजनाओं के तहत बहुउद्देशीय इंडोर हॉल सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और स्वीमिंग पुल का निर्माण किया जायेगा राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद आज पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा करेंगे इस दौरान मतदाता सूची का निर्माण मतदान केन्द्रों से जुड़े विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे गया और मुम्बई के बीच गया एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू हो गई है विमानन कंपनी इंडिगो सप्ताह में चार दिन यह सेवा उपलब्ध कराई जायेगी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 हिन्दुस्तान ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से उत्पन्न स्थिति को सुर्खी बनाते हुये लिखा है जूनियर डॉक्टरों पर कार्रवाई का आदेश दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है जनता से नकारे लोग किसानों को कर रहे गुमराह इसी अखबार ने कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है वैक्सीन वितरण का सोमवार और मंगलवार को पूर्वाभ्यास प्रभात खबर ने इंटर परीक्षा से जुड़ी खबर को शीर्षक बनाते हुये लिखा है प्रैक्टिल परीक्षा को बने एक सौ सड़सठ केन्द्र देश में कोविड के टीकाकरण की तैयारियों को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

हड़ताल अवधि का स्टाईपेंड भी कटेगा और धूप खिली रहने के कारण प्रदेश के अधिकतर भागों में ठंड से राहत